उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आहवान किया कि वह आने वाले वर्षो में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं

श्री मोदी ने इस अवसर पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया

हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी मंत्रालय ने कहा है कि पहले चरण में कोविड वैक्सीन कुछ चुनिंदा प्राथमिकता वाले समूहों को दी जायेगी क्योंकि उन पर कोविड का अधिक खतरा है

इधर प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है

अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के उनके दृष्टिकोण का स्मरण किया श्री मोदी ने कहा कि गुरू तेग बहादुर जी का जीवन साहस और सदाशयता का उदाहरण है

इस अवसर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्वांजलि दी है श्री गहलोत ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि देश की स्वतंत्रता के लिए इन कांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान अनुकरणीय वीरता और दृढ़ संकल्प को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता

लोग तेज सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं